राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमकरुणानिधि का लंबी बीमारी के बाद आज चेन्नई में निधन हो गया चौरानवे वर्षीय करुणानिधि पिछले अठाईस जुलाई से कावेरी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल सत्यपाल मलिक विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने करुणानिधि के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आश्रय गृह का संचालन करने वाले गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता देने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूति केएमजोसेफ की खंडपीठ ने इस मामले में कार्रवाई में देरी होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है न्यायालय ने सवाल किया कि अब तक इस मामले में किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है खंडपीठ ने राज्य सरकार से जांच की दिशा भी पूछी है वहीं इस मामले में न्याय मित्र अपर्णा भट्ट ने पीठ को बताया कि यौन उत्पीड़न की शिकार बालिकाओं में से किसी को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है उन्होंने न्यायालय को यह भी जानकारी दी कि दुष्कर्म की शिकार हुई लड़कियों में से एक अब भी लापता है केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और देवरिया के बालिका आश्रय गृह में द्रष्कर्म की घटनाओं के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा लोकसभा में शून्यकाल में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री सिंह ने कहा कि किसी भी जगह ऐसी घटनाएं शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं

इनको देखते हुए संबंधित मंत्री जी को भी मैं यह कहूंगा कि शपथ में आवश्यक एडवायजरी सभी राज्यों को भेजी जाए बाकी जो भी बाल सुधार गृह इस प्रकार के चल रहे है उनकी पूरी तरह से जांच हो ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद और शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी ऐसी घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सांसदों से कहा कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चल रहे आश्रय गृहों में रह रही बालिकाओं की स्थिति जानें मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर द्वारा समस्तीपुर में संचालित वृद्धाश्रम को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित इस वृद्धाश्रम का अनुबंध रद्द करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने वहां रह रहे बुजुर्गों को पटना स्थित व्रद्वाश्रम में स्थनांतरित कर दिया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि संस्था को दिये गये आठ लाख रुपये भी वसूल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है वहीं प्रशासन ने वृद्वाश्रम में लगे सभी सामानों को भी जब्त कर लिया है उप विकास आयुक्त वरूण मिश्रा ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर की मां के नाम से चल रहे इस आश्रम में काफी अनियमितता पायी गयी है वहीं दूसरी ओर सीबीआई की टीम ने आज ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ की मुख्य कर्ताधर्ता बतायी जाने वाली मधु के पति से पूछताछ की पूछताछ के दौरान मधु के पति मोहम्मद चांद ने बताया कि पिछले पन्द्रह सालों से वे उससे अलग रह रही है उसने बताया कि नशे की लत और ब्रजेश ठाकुर से नजदीकियों के कारण मधु से उसका संबंध समाप्त हो गया था इधर जांच एजेंसी जेल के अस्पताल वार्ड में बंद ब्रजेश ठाकुर से प्रछताछ की तैयारी कर रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम बालिका गृह के कमरों को खोलकर जांच करने से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है इधर इस मामले में एसएसपी ने पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है राज्य सरकार ने चौकीदार संवर्ग के कर्मियों का वर्दी भत्ता को बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में निर्मित हैंडलूम उत्पादों को खादी की तरह सब्सिडी मिलेगी आज हस्तकघा दिवस पर पटना में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि अब सरकारी दफ्तरों में हैंडलूम के बने चादरों और पर्दा का इस्तेमाल किया जायेगा

समारोह को उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी संबोधित किया निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज नालंदा जिले के पथरौरा पंचायत के मुखिया अनुज कुमार को राजगीर स्थित मनरेगा कार्यालय से पचास हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार मुखिया एक संवेदक का बिल पास करने के एवज में रिश्वत ले रहा था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद का मौजूदा मानसून अधिवेशन इतिहास में सामाजिक न्याय के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इस सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक संसद में पारित किए गए भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस महीने की पन्द्रह से तीस तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने श्री मोदी के हवाले से कहा कि देश में हर वर्ष एक से नौ अगस्त तक सामाजिक न्याय सप्ताह भी मनाया जायेगा बाईट सामाजिक न्याय पखवाड़ा ऐसे पूरा देश में हम यात्राएं करेंगे आखिरी छोर के हमारे नागरिक को मिलेंगे और उनको ये संदेशा पहुंचाएंगे उनके हित के लिए कल्याण के लिए रक्षा और सुरक्षा के लिए जो निर्णय मोदी सरकार ने किया है ये हम बताएंगे यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया भाजपा संसदीय दल ने दोनों विधेयकों को पारित कराने पर सरकार की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी बागमती गंडक और पुनपुन नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर है वहीं बागमती नदी बेनीबाद में गंडक ड्मरिया घाट में और पुनपुन श्रीपालपुर में खतरे के निशान को पार कर गयी है गंगा नदी का जलस्तर कहलगांव हाथीदह और गांधी घाट में लाल निशान के आसपास बना हुआ है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है झारखंड से लगे हिस्सों में कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान भागलपुर के बिहपुर में सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी पटना के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रकाशन विभाग ने बिहार के सामाजिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक विषयों पर पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनायी है समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र बहत्तर गांव के रमिया चौर में पानी से भरे एक गड्ढ़े में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गयी मरने वालों में से दो एक ही परिवार की थी

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक